हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वालों को कृषि ऋण का लाभ देने के लिए कानून लाया जायेगा

केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने आज आत्म निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत ढांचागत सुधारों का खुलासा किया आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आठ क्षेत्रों कोयला खनिज रक्षा उत्पादन नागरिक उड्यन बिजली वितरण कंपनियां अंतरिक्ष तथा परमाणु उर्जा में सुधारों पर बल दिया

उन्होंने घोषणा की कि मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे शस्त्र व उनके पूर्जे अब आयात नहीं किए जायेंगे और देश में ही इनका उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा वित्त मंत्री ने कहा कि भागीदारी की विधि से कोयला क्षेत्र में निजी कंपनियों को शामिल किया जायेगा इससे कोयला क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और पारदर्शिता आएगी

उन्होंने घोषणा की कि वायुमंडल के ओर उपयोग के लिए नियमों को सरल किया जायेगा

उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के अंतर्गत छह और हवाई अड्डों को लाया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत को वेंटिलेटर देने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त किया है श्री ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका भारत को वेंटीलेटर भेजेगा और कहा था कि उनका देश इस महामारी के दौरान भारत और श्री मोदी के साथ खड़ा है

इस का लाभ काश्तकारों को होगा वित्त मंत्री द्वारा कृषि क्षेत्र के लिए घोषित पैकेज की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डिजीटल माध्यम से किए संबोधन में यह घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादन संगठनों की संख्या और बढाई जायेगी एवं केन्द्र द्वारा मतस्य पालन के लिए घोषित पैकेज को प्रदेश के मतस्य पालकों तक ले जाया जायेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुक्ष्म लघ् आर मध्यम वर्ग की इकाइयों के माध्यम से स्वदेशी को प्रोत्साहन की केन्द्रीय योजना का लाभ हरियाणा को भी होगा कोरोना पर उन्होंने कहा कि बदले हालात में हमें खूद में बदलाव लाकर आगे बढना होगा और व्यवस्थाको भी बदलना होगा

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं को लेकर कृषि विशेषज्ञों ने सकारात्मक टिप्पणियां की हैं पंचकूला में आकाशवाणी से बातचीत में कृषि विशेषज्ञ सतवीर सिंह सूरा ने कहा कि नये प्रावधान के अनुसार किसान कभी भी कहीं भी अपने उपज ले जाने और बेचले के लिए स्वतंत्र होंगे अभी तक किसान अपनी उपज निश्चित मण्डी के लाइसेंस धारक आढतियों को बेचने के लिए बाध्य हैं अब किसानों की फसल को खेत से ही ले लिया जायेगा और किसान जहां से अच्छा भाव मिलेगा वहीं अपनी फसल देंगे उन्होंने कहा कि बागवानी मतस्य पालन और पशु पालन क्षेत्रों के लिए दिये गए एक लाख करोड़ रूपए किसानों के लिए एक नया सवेरा लेकर आयेंगे मध्मक्खी पालक जेके श्योरण ने मध्मक्खी पालकों के लिए दिये गए आर्थिक पैकेज के लिए वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहाँ कि श्रमिकों के जाने के कारण मंधु मक्खी उत्पादन में जो कमी आई है इस आर्थिक पैकेज से श्रति पूर्ति करने में मदद मिलेगी

श्री दलाल ने कहा कि कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में बदलाव आने से देश व हरियाणा को लाभ होगा

गाड़ी में बिठाने से पहले उन्हें मास्क सैनीटाईजर और खाने पीने का सामन भी उपलब्ध करवाया गया

हरियाणा में सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजे जाने का सिलसिला आज भी जारी रहा

बसों को भेजने से पहले सैनीटाईज भी किया गया असौर श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई

सभी जगह श्रमिकों को भेजते समय शारीरिक दूरी का ख्याल रखा गया और उन्हें मास्क सैनिटाईजर और खाने पीने का सामान भी उपलब्ध करवाया गया जाने से पहले श्रमिकों ने हमारे संवाददाता से कहा कि मुहैया करवाई कई सुविधाओं और सहयोग के लिए वे प्रशासन के आभारी हैं

बसों को भेजने से पहले सैनीटाईज भी किया गया असौर श्रमिकों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई

सभी जगह श्रमिकों को भेजते समय शारीरिक दूरी का ख्याल रखा गया और उन्हें मास्क सैनिटाईजर और खाने पीने का सामान भी उपलब्ध करवाया गया जाने से पहले श्रमिकों ने हमारे संवाददाता से कहा कि मुहैया करवाई कई सुविधाओं और सहयोग के लिए वे प्रशासन के आभारी हैं